कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सात अप्रैल को शाम सात बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों शिक्षकों और अमिमावकों के साथ बातचीत करेंगे इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्ष्अल माध्यम से आयोजित किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे परीक्षा पे वर्चा का पहला वर्क्रअल ऐडिशन समस्या तब होती है जब हम ऐग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लें

यह राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूं लेकिन एक दोस्त के रूप में बता रहा हूं आपकी सोच मेरी सोच आपके इरादे मेरे इरादे हम साथ साथ ही हैं मेरे दोस्त क्या कहेंगे मम्मी पापा क्या बोलेंगे यह तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है

यह खजाना है खजाना अच्छी किताब अच्छी मूवी अच्छी कहानियां अच्छी कवितायें अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव यह सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही दूल्स हैं ये परीक्षा पे चर्चा है लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों शिक्षकों और अमिमावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षा के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अपने दिल के काफी करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे यह जान पाते हैं कि य्वाओं के दिमाग में क्या चल रहा है प्रधानमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह साढे दस बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिये देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर देशमर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी पार्टी कार्यकर्ता भाजपा की नीतियों और नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा चलाये जा रहे विमिन्न कल्याणकारी उपायों के बारे में विचार विमर्श करेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षकर्धन ने कल नई दिल्ली में समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म का वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये शुभारंभ किया यह प्लेटफार्म मौजूदा समन्वित रोग निगरानी कार्यक्रम का अत्याधनिक रूप है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने बीमारियों पर निगरानी की ऐसी परिष्कृत प्रणाली अपनायी है उन्होंने कहा कि बीमारियों पर नजर रखने के लिए इस तरह के प्लेटफार्म की आवश्यकता महसूस की जा रही थी

इस अभियान में सभी के मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों पर साफ सफाई रखने और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा यह विशेष अभियान इस माह की चौदह तारीख तक चलेगा एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिये प्रमावी कदम उठाये जाएं उन्होंने लखनऊ कानपुर नगर प्रयागराज वाराणसी और गोरखपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन जनपदों में कोविड नाइन्टीन के सौ से अधिक मामले हैं वहां विशेष सावधानी बरती जाए मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य में कोविड नाइन्टीन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन का नया स्ट्रेन काफी तेजी से फैलता है इसलिये पूरी सजगता बरतना आवश्यक है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सौ से अधिक लोग एकत्र न हों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मी के मौसम में आग लगने की दुर्घटनाओं को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि समी जनपदों में अग्निशमन केन्द्र पूरी तरह से सक्रिय रहे ताकि जरूरत पड़ने पर वांछित स्थान पर सहायता पहुंच सके उन्होंने कहा कि आग की दुर्घटना के मामलों में जिलाधिकारी तत्काल रूप से प्रभावित लोगों को राशन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये उन्होंने गेहूँ खरीद कार्य के लिये हेल्य लाइन स्थापित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थलों में सरक्षित गौवंश के लिये पानी चारे और छाया सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चत की जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में कोविड नाइन्टीन के टीके की पहली डोज लगवाई उन्होंने पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों से कोविड से सुरक्षित रहने के लिये टीका लगवाने की अपील की टीकाकरण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसलिये सभी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और दो गज की सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की है प्रदेश में दोबारा बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कल विशेष दिशा निर्देश जारी किये हैं इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि बढ़ते हुए संक्रमण के चलते यह आवश्यक हो गया है कि कोरोना से संक्रमित रोगियों और उनके सम्पर्को की गहन निगरानी की जाये यदि किसी स्थान पर कोरोना का एक मामला पाया जाता है तो उसे केन्द्र मानकर पच्चीस मीटर रेडीएस के क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन होगा और एक से अधिक कोरोना मामले मिलने पर कंटेनमेंट जोन की रेडीएस पचास मीटर होगी श्री तिवारी ने बताया कि प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में स्थित घरों को अच्छादित करने के लिये एक टीम लगाई जायेगी जो घरों का भ्रमण कर निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट देगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीम के सदस्य घर घर जाकर लोगों को कोविड से बचाव और लक्षणों के बारे में जानकारी देंगे साथ ही घर में खांसी जुकाम बुखार तथा सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों को चिन्हित कर उनका विवरण रिपोर्ट में मेजेंगे उन्होंने बताया कि इस बारे में जिला सर्विलांस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी दिशा निर्दशों के बारे में सभी जिलाधिकारियों जिला पुलिस प्रमुखों मुख्य चिकित्साधिकारियों और अन्य संबंधित को अनुपालन के लिये निर्देशित किया गया है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड के तीन हजार नौ सौ निन्यानबे नये मामले सामने आये हैं इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर बाईस हजार आठ सौ बीस हो गयी है अब तक कुल छः लाख दो हजार तीन सौ उन्नीस मरीज महामारी से स्वस्थ हुए हैं जबकि आठ हजार आठ सौ चौरानबे लोगों की मृत्यु हुयी है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम भी तेजी से किया जा रहा है रविवार को एक लाख इकसठ हजार दो सौ सत्तर नमूनों की जांच की गयी इनमें से चौरासी हजार से अधिक नमूनों की जांच आरटीपीसीआर विधि से की गयी श्री प्रसाद ने बताया कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने रविवार को चौदह लाख से अधिक नमूतों की जांच करने की उपलब्धि हासिल की उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल तीन करोड़ पांच लाख पचहत्तर हजार दो सौ बत्तीस नमूनों की जांच की जा चुकी है